नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है इससे पहले कल शिव सेना एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने उद्दव ठाकरे को उनका नेता चुना जो कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगें

इस घटनाकम से पहले देवेंद्र फड़नवीस ने कल दोपहर को मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के तुरंत बाद शाम को भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालिदास कोलंबकर को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गयी और आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया आज महा विकास अघाडी गठबंधन को सदन में अपना बहुमत सिद्द करना होगा

बीकानेर और उदयपुर नगर निगमों में भाजपा के मेयर बने हैं जबकि भरतपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद मेयर निर्वाचित हुआ है इन नगर निकायों में आज उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा

मतदान यदि आवश्यक हुआ तो दोपहर ढाई बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी

उन्होंने बयान जारी कर कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की सफलता से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है दूसरी ओर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इन नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव में जो पार्टी सत्ता में होती है उसका फायदा उसे मिलता रहा है और कई जगह हुए घटनाक़मों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया है

इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे इन अधिकारियों में राजस्थान के भी चार अफसर शामिल हैं

इस उपग्रह से शहरी आयोजन बुनिया ढांचा विकास तटीय भूमि उपयोग और वन रोपण में मदद मिलेगी

इसका प्रयोजन काल पांच वर्ष का है इसका कैमरा उच्च कोटि के रैजोल्यूशन का है जो इसरो का उत्तम माना जाता है

इसके साथ ही संभावित स्थलों को चिन्हित करने के बाद ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा

ये सभी लोग मध्यप्रदेश के मुरैना में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे बाडमेर के पचपदरा में रिफाइनरी क्षेत्र में अस्थाई पुलिस चौकी बनाई जाएगी

इसमें एक एएसआई एक हैड कान्स्टेबल और चार कॉन्स्टेबल रहेगें बीकानेर जिले के कई स्थानों पर कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे इससे खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा है